केन्द्र ने सभी मंत्रालयों और विभागों राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों और प्राधिकरणों को इस बारे में निर्देश जारी किया है निर्देश में कहा गया है कि संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन के तहत किए जा रहे उपाय जारी रहेंगे गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि लॉकडाउन अवधि बढ़ने के साथ विभिन्न क्षेत्रों और गतिविधियों पर लागू सभी प्रतिबंध जारी रखे जाएं मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लागू आदेशों के अनुरूप लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते

प्रदेश में भी लोगों ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री के आव्हान का पूरी तरह पालन किया जायेगा श्री चौहान ने कहा राज्य में तीन मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के लिए आज विस्तार से गाईडलाइन घोषित की जायेगी प्रदेश कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है

इससे मरने वालों की संख्या भी पांच पर पहॅच गयी है

मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन में जारी प्रतिबंधों को सख्त किया जा रहा है वहीं लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराने की रणनीति भी बनाई जा रही है

उधर टीकमगढ़ में कल पहला पॉजीटिव मिलने के बाद स्वास्थ विभाग हरकत में आ गया है

जिले में संकट प्रबंधन समूह गठित किया गया है उधर होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में पुलिसकर्मियों के लिए डोलरिया थाने के मुख्य गेट पर सैनेटाइजर रूम बनाया गया है ताकि थाने में ओने वाले पुलिसकर्मी संकमणमुक्त हो सके इधर भोपाल में पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों का मनोबल बढ़ाने के लिए विशेष पहल की गई है

जिससे उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके वहीं धूप से बेचाव के लिए चेकिंग पाईट पर टेंट छाता लगाये गये हैं सभी पुलिसकर्मियों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जायेगा अशोकनगर जिले में अभी तक कोई भी मरीज न मिलने के बाद आज से निषेधाज्ञा में आंशिक ढ़ील दी जायेगी उधर ग्वालियर नगरनिगम द्वारा सभी वाड़ो में घर घर राशन पहॅचाने की व्यवस्था की जा रही है शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह की पहल पर अनूपपुर जिले में संरक्षण योजना वी कैप शुरू की गई है इस योजना के तहत पांच हजार गरीब और बेसहारा परिवारों को खाद्य सामग्री मुहैया कराई जायेगी

भिंड छिन्दवाड़ा सतना मुरैना उमरिया विदिशा रतलाम सहित सभी जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है रेल यात्री सेवाएं रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में सभी यात्री सेवाएं लॉकडाउन के कारण तीन मई तक पूरी तरह रद्द रहेंगी रेल मंत्रालय ने एक टवीट में कहा कि यात्रियों की भीड़ के लिए कोई विशेष रेलगाड़ी चलाने की योजना नहीं है मंत्रालय ने कहा कि सभी लोगों को यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी अफवाह से बचना चाहिए कुछ क्षेत्रीय चैनल खबर दे रहे थे कि प्रवासी कामगारों के लिए मुम्बई से विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य शुरू हो रहा है

उमरिया कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि एसएमएस मिलने पर ही वे उपार्जन केन्द्रों पर पहॅचे मुरैना और गुना में भी आज से गेहूं की खरीदी शुरू हो रही है

मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि तीन मई तक देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए ये अनूठी पहल की गई है आज सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होने वाले इन फिटनेस सत्रों को फिट इंडिया अभियान और सीबीएसई के फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पेज पर लाइव देखा जा सकता हैं इसके अलावा यह यू ट्यूब पर भी उपलब्ध होंगे इन लाइव सत्रों में बच्चों की फिटनेस के सभी पहलुओं को शामिल किया जायेगा जिसमें रोज की कसरत से लेकर योग तक और पोषण से लेकर भावनात्मक विकास के बारे में जानकारी दी जायेगी

मौसम विभाग के अनुसार अब सूरज की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ने लगी हैं इससे अब तापमान में बढ़ोतरी होना लाजमी है वहीं पूर्वी मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश से उड़ीसा तक द्रोणिका बनी हुई है इन दो सिस्टम के कारण जबलपुर संभाग और ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं साथ ही प्रदेश में कहीं कहीं बादल छा रहे हैं मंडला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश हुई जिससे खलिहानों में रखा गेहूं भीग गया उमरिया में भी तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुँचा है सतना और पन्ना में भी आंधी तूफान और बारिश के कारण सूखी फसल उड़ गई और कई जगह फसल भीग गई

इसमें विदिशा कलेक्टर भी सदस्य बनाये गये हैं